राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गंगा पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण हमारे देश के विकास का आधार है उन्होंने कहा कि गंगा सिर्फ़ एक नदी नहीं ह बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवनधारा है प्रदेश की तीन दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन आज राष्ट्रपति वाराणसी में मीडिया हाऊस जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखना पर्यावरण का संरक्षण करना तथा भारतीय संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है

राष्ट्रपति ने कहा कि दश में पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण व संवर्द्वन तभी हो सकता है जब गंगा की धारा अविरल और निर्मल बनी रहे उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे तथा अन्य अभियान चलाये जा रहे हैं श्री कोविंद ने कहा कि वाराणसी में गंगा नदी व घाटों की स्वच्छता पर जोर देने के कारण न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है बल्कि पर्यटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनंददायक हो गई है उन्होंने कहा कि काशी का बदलता स्वरूप अपनी पुरातनता को भी संजोये हुए है

इसलिए बनारस के लोगों से मेरा आग्रह है कि पुरातनता और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करें राष्ट्रपति ने कहा कि काशी देश के सर्वाधिक भारतरत्नों की जन्मस्थली और कर्मभूमि भी रही है लाल बहादुर शास्त्री डॉक्टर भगवान दास उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पंडित रविशंकर बनारस में पैदा हुए और यहीं उन्होंने अपनी प्रतिभा को तराशा इनके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय ने भी बनारस को ही अपनी कर्मस्थली बनाया वहीं काशी में सकिय रहे विष्णु पराड़कर जैसी विभूतियों ने भारत की पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि एमएसपी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी

रक्षामंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए जमीन से शुरूआत की जिसके कारण आज पार्टी की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान है उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने वालों का झड नहीं है बल्कि ये एक जीवंत राजनीतिक संगठन है उन्होंने पार्टो कार्यकर्ताओं से निःस्वार्थ भाव से कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि परिश्रम से ही प्रतिष्ठा हासिल होती है श्री सिंह ने कहा कि आज हम वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केन्द्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर काम कर रही है उन्होंने कोरोना काल म केन्द्र सरकार द्वारा किये गये जनकल्याणकारी कार्यो से विश्व में भारत का नाम रोशन करने के मोदी सरकार के प्रयासों की भी सराहना की उन्होंने सेवा ही संगठन अभियान में लगे कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया उन्होंने हर घर बिजली पहुंचाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों स्वच्छता अभियान जनजीवन मिशन से बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र में हर घर पानी पहुंचाने की योजना की भी प्रशंसा की भाजपा कार्यसमिति की बैठक में ज़िला व क्षेत्रीय संगठन की समीक्षा के साथ साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई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

आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है

उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयुष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक टवीट में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं सचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले श्री जावडेकर ने लोगों से आग्रह किया के वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें केन्द्र सरकार ने आज कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार निगम में पारदर्शिता लाने और इसका बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है उन्होंने बताया कि इस आईपीओ से जीवन बीमा निगम में निवेश बढ़ेगा उन्होंने कहा कि इसमें मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ इक्यावन नये मामले सामने आये हैं वहीं कोरोना के सकिय मामलों की संख्या एक हजार आठ सौ अड़तीस हो गई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि अब सोमवार से हर दिन रविवार को छोड़कर सभी मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड का टीका लगाया जायेगा उन्होंने बताया कि आज राज्य में दोपहर तीन बजे तक एक लाख से अधिक लोगों का कोविड का टीका लगाया गया उन्होने सभी स्वास्थ्यकर्मियों और फंटलाइनकर्मियों से अपील की है कि जिनकी कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज अभी नहीं लगी है वे टीकाकरण केन्द्र पर जाकर अवश्य लगवा लें केन्द्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसका कच्चे तेल पेट्रोल डीजल विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है उधर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के उपाय करने चाहिए